प्रदेश कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ शिमला में किया धरना प्रदर्शन और विधानसभा चर्चा शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज दूसरे दिन चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में भाजपा सरकार ने सराहनीय कार्य किया है

सुभाष ठाकूर ने बिलासपुर में एक युवक की आत्महत्या का मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री से इसकी जांच की मांग की कांग्रेस के जगत सिंह नेगी ने कहा कि लाकडाउन के दौरान राज्य में अघोषित आपातकाल लगा था उन्होंने कहा कि कोविड काल में सफलता से निपटने का कोई काम मौजूदा सरकार ने नहीं किया नेगी की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल सदस्य ने किया वह सहन नहीं हो सकता मुख्यमंत्री ने आक्रामक अंदाज में विपक्षी सदस्यों से कहा कि बोलने से पहले कुछ तो सब्र और शर्म करो जब भी जो चाहे उछलकर बोलने उठ जाते हैं इस पर विपक्षी सदस्य नाराज हो गए और सदन में नारेबाजी करने लगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में लाकडाउन की घोषणा एक्ट के मुताबिक हुई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यह घोषणा हुई थी और पूरे देश में एक समान ही लगा उन्होंने कहा कि लाकडाउन का पूरा पालन किया गया और उसके मुताबिक अफसरों के साथ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए काम किया इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपना विषय रखते समय शब्दों का सही चयन करें उन्होंने कहा कि शब्दावली के माध्यम से सदन का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए उधर जगत सिंह नेगी ने कहा कि यदि उन्होंने असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया तो उसे कार्यवाही से निकाल सकते हैं वन मंत्री राकेश पठानिया ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने कोविड काल के दौरान बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और बाहर फंसे लोगों को लाकर मानवीय कार्य किया है स्वास्थ्य मंत्री डॉ राजीव सैजल ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के कुशल नेतृत्व के कारण हिमाचल कोरोना महामारी से सुरक्षित है

प्रश्नकाल के दौरान आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी

उन्होंने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र मंदी के दौर से गुजर रहा है और सरकार इस सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है

इनमें से केवल दो सुरंगों के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है विधायक विक्रम सिंह जरयाल के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा व अनुसंधान विभाग पुलिस विभाग विजिलेंस ब्यूरो और आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने का प्रावधान है विधायक सुंदर सिंह ठाकूर के एक सवाल के लिखित जवाब में जयराम ठाकूर ने बताया कि कुल्लू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत किसी भी कार्य के लिए धनराशि जारी नहीं की गई हैं विधायक आशीष बुटेल के सवाल पर लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग स्कूल स्थापित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है विधायक आशा कुमारी रामलाल ठाकुर मोहन लाल ब्राक्टा किशोरी लाल धनीराम शांडिल कमलेश कुमारी हीरालाल पवन नैय्यर इंद्रदत लखनपाल नंदलाल जगत सिंह नेगी राजेंद्र राणा और नरेंद्र ठाकुर ने भी अपने अपने क्षेत्र से जुड़े सवाल पूछे जिनका सरकार ने सदन में लिखित जवाब दिया वाकआउट स्थगन प्रस्ताव में कांग्रेस सदस्यों को बोलने का मौका न दिए जाने से खफा होकर विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने आज सदन से वाकआउट कर दिया सदन में विपक्षी सदस्यों ने मांग की थी कि स्वास्थ्य मंत्री के बोलने से पहले कांग्रेस के सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाए लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी यह बात नहीं मानी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ राजीव सैजल को अपनी बात रखने के लिए कह दिया इससे खफा विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में कहा कि विपक्ष इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा से भाग रहा है उन्होंने कहा कि अढ़ाई घंटे की चर्चा को दो दिन का समय दिया लेकिन विपक्ष की भूमिका गैर जिम्मेदाराना है उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य सदन छोड़कर गए हैं और यह वाकआउट नहीं है वाकआउट के बाद पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि सदन की कार्यवाही पांच बजे ही समाप्त करनी थी उन्होंने कहा कि सदन का समय बढ़ाया जा सकता था लेकिन अध्यक्ष ने समय को नहीं बढ़ाया उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष को फेस नहीं कर पा रही है और इस कारण उनके सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया गया विपिन परमार प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन विधायक रीता धीमान के कोरोना पाजिटिव आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सभी सदस्यों से दो टूक कहा कि यदि उनमें कोरोना के लक्षण हैं तो वे तुरंत खुद को होम आइसोलेट कर दें और सदन में न आएं विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन में उन्होंने सदस्यों तथा मंत्रियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना लक्षण की शंका होने पर यदि वह आवश्यक समझें तो स्वयं फैसला लेकर कोरोना टेस्ट करवाने की पहल करें परमार ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में प्रवेश से पूर्व अपनी थर्मल स्क्रीनिंग अवश्य करवायें ताकि सभी सुरक्षित रह सकें कांग्रेस प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में भ्रष्टाचार बेरोजगारी और बढ़ती मंहगाई के खिलाफ प्रदर्शनकर सरकार की जनविरोधी नीतियों की आलोचना की इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और मंत्री बेनामी संपत्ति खरीद रहे हैं राठौर ने कहा कि सरकार की पूरी शासकीय व्यवस्था विफल हो चुकी है और सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों से लोग तंग आ चुके हैं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर कोरोना महामारी को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया उन्होंने प्रदेश में बढते भ्रष्टाचार मंहगाई व बेरोजगारी पर सरकार से इस्तीफे की मांग भी की

साक्षरता दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है हर वर्ष आठ सितम्बर को मनाया जाने वाला यह दिवस व्यक्तियों समुदायों और समाज में सभी के लिए साक्षरता के महत्व को दर्शाता है

केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नागरिकों से अपील की है कि वह अपने आस पास रहने वाले किसी एक निरक्षर व्यक्ति को पढ़ना और लिखना सिखाए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश साक्षरता दर में चौथे स्थान पर पहुंचा है जो प्रदेश के लिए बड़ी उपलक्षि है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा के व्यापक प्रसार को मिशन मानकर इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रही है अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दशकों से बहुप्रतिक्षित शिक्षा नीति को लाने का महत्वपूर्ण कार्य हुआ है

इस संबंध में राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं